पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को देशभर में दी जा रही है श्रद्वांजलि चौथी बटालियन सी एएफ माना में राज्यपाल और गृहमंत्री ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए

सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक चले मतदान के दौरान चौहत्तर प्रतिशत से अधिक मत पड़े आज दो सौ उनतीस मतदान केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मत डाले गए मतदान संपन्न होने के साथ ही छह प्रत्याशियों की किस्मत ईव्हीएम में कैद हो गई है यहां से भाजपा ने लच्छ्राम कश्यप को तो वहीं कांग्रेस ने राजमन बेंजाम को अपना उम्मीदवार बनाया है इस उप चुनाव के लिए चौबीस अक्टूबर को मतगणना होगी मतगणना कार्य की पूरी जिम्मेदारी इस बार महिला कर्मचारियों को सौंपी गई है

मतदान केन्द्र क्रमांक पंद्रह मटनार में शिकायत मिलने पर पीठासीन अधिकारी को बदला गया

मतदान के लिए बनाए गए दो सौ उनतीस केन्द्रों में से दो सौ तेरह केन्द्र बस्तर जिले में और सोलह मतदान केन्द्र सुकमा जिले में थे इनमें से सत्तर अतिसंवेदनशील और तिरानवे संवेदनशील केन्द्र थे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अंठावन संवेदनशील मतदान केन्द्रों में माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे उप चुनाव के लिए आठ आदर्श और पांच संगवारी मतदान केन्द्र बनाए गए थे संसद सत्र संसद का शीतकालीन सत्र अट्ठारह नवम्बर से शुरू होगा और तेरह दिसम्बर तक चलेगा संसदीय कार्य मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को इसकी सूचना दे दी है

इस शिविर में डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम घर घर जाकर किडनी रोग से पीड़ित मरीजों की जांच कर रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि कल राज्यपाल अनुसुईया उइके सुपेबेड़ा के दौरे पर जाएंगी और प्रभावित परिवारों से मिलेंगी गौरतलब है कि किडनी की बीमारी से सुपेबेड़ा में कई लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुपेबेड़ा और आसपास के गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से हर सप्ताह सुपेबेड़ा में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं जिला अस्पताल में फ्लोराइड की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई है सिंहदेव सुपेबेड़ा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सुपेबेड़ा में पानी में फ्लोराइड और दूसरे तत्वों की वजह से भी बीमारी हो रही है उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सुपेबेड़ा में और जनहानि न हो गांव में स्वास्थ्य के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है श्री सिंहदेव ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में बताया कि सुपेबेडा में दूषित पानी के अलावा चार कारणों से किडनी की बीमारी हो रही है जिसमें जेनरिक फैक्टर भी एक कारण है सरकार ने किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सहित अन्य चिकित्सा सुविधाएं सुपेबेड़ा में उपलब्ध कराई है लेकिन कोई भी मरीज डायलिसिस नहीं ले रहे हैं दवाओं से बीमारी पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है उन्होंने कहा कि गांव में दो मेडिकल मोबाइल यूनिट तैनात की गई है साथ ही नियमित अंतराल में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं

श्री शाह आज नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे वहीं छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर चौथी बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ माना में वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन वीर जवानों की अप्रतिम शौर्य गाथा की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार माओवादी समस्या के समाधान के लिए गंभीर है कम समय में ही प्रदेश में माओवादी वारदातों में कमी आई है उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों का नमन करते हुए पुलिस सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का अभिनंदन किया है

साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ से बाहर किसी अन्य राज्य में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है हालांकि कोर्ट ने इस मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन ट्रायल पर रोक लगा दी है

जिले के पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मर्दापाल थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी इस दौरान तुमड़ीबोर के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है सर्चिंग टीम के वापस आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी गौरतलब है कि घटनास्थल चित्रकोट की सीमा से सटा हुआ है जहां उप चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है उधर बीजापुर जिले में बेदरे थाना क्षेत्र के नेतीकाकलेर के जंगल में सुरक्षा बलों की टीम ने तीन हथियारबंद माओवादियों को गिरफ्तार किया है उनके पास से दो भरमार बंदूक और एक टिफिन बम बरामद किया गया है प्लेसमेंट कैम्प प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय मेगा प्लेसमेंट कैम्प आज से रायपुर में सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग महाविद्यालय में शुरू हुआ पहले दिन रायपुर बिलासपुर और जगदलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के लगभग तीन सौ साठ इंजीनियरों ने पंजीयन करवाया और कंपनियों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा समूह चर्चा और साक्षात्कार परीक्षा में हिस्सा लिया चयनित इंजीनियरों के नाम एक दो दिनों में घोषित किए जाएंगे इस कैम्प में प्रदेश और देश की पचास से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन कल भी होगा मौसम मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के ऊपर बने चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ में भी बदली बारिश के आसार हैं प्रदेश के बस्तर कांकेर सुकमा के साथ ही राजनांदगांव दुर्ग और रायपुर में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है

मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच में आज सुनवाई होनी थी

श्री बघेल झारखंड के बोकारो में आयोजित आमसभा में शामिल होंगे इसके अलावा वे कानपुर में शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे

इस गोष्ठी में ट्रेन में पत्थर नहीं फेंकने की समझाइश दी गई